संस्कृति पोर्टल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया भारतीय संस्कृति पोर्टल पहला सरकारी अधिकृत पोर्टल है जहाँ संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन अब एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं

पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री में मुख्य रूप से दुर्लभ पुस्तकें ई पुस्तकें पांडुलिपियां संग्रहालय की कलाकृतियों आभासी दीर्घाओं अभिलेखागार फोटो अभिलेखागार गजेटियर भारत के संगीत उपकरण सहित तमाम सामग्री शामिल हैं सोलर पार्क प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र की बंजर जमीनों पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे राज्य के नवीन एंव नवकर्णीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने आज बताया कि इसका उद्देश्य प्रदेश को देश में सौर ऊर्जा केंद्र बनाना है श्री यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में हम बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए करेंगे

राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शराबखोरी और मादक पदार्थो के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है इसके अंतर्गत उन संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा जो नशे की लत की रोकथाम के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं

यूरिया विदिशा जिले के शमशाबाद में कल यूरिया लूटने की घटना सामने आने के बाद आज विदिशा में भारी पुलिसबल की मौजूदगी में यूरिया बांटा गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के रामलीला मैदान स्थित वेयर हाउस पर कड़ी सुरक्षा के बीच यूरिया वितरण हुआ उधर शिवपुरी जिले में भी यूरिया की किल्लत की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहां भी यूरिया वितरण में पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ रही है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मंत्रालय में वेस्ले ग्रूप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोरियन मुलेन्स को स्वीकृति पत्र प्रदान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के नए अवसर के लिए सरकार अपनी नीतियों को उदार बनाने के साथ ही रोजगार प्रधान निवेश को प्रोत्साहित करेगी गौरतलब है कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति को संशोधित कर इस वर्ष अल्ट्रा मेगा परियोजना का प्रावधान जोड़ा गया है इसी के तहत वेस्ले ग्रूप ने यह प्रस्ताव दिया था स्वच्छ भारत मिशन खंडवा में अब किन्नर समाज के प्रतिनिधि भी शहरवासियों को जागरूक कर स्वच्छता की अलख जगाएंगे निगम कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में किन्नर समाज के प्रतिनिधियों को स्वच्छता दूत बनाया गया

इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा शंकरगढ़ पहाड़ी के पास स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर प्लास्टिक अपशिष्ट से डीजल बनाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है वहीं कटनी जिले में ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता का संदेश देने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विश्वास अभियान चलाया जा रहा है मानवाधिकार दिवस आज विश्व मानवाधिकार दिवस है इस साल इसकी थीम यूथ स्टेण्डिंग अप फॉर ह्यूमन राईट्स यानि मानव अधिकारों के लिए खड़े हो रहे युवा है

नई दिल्ली में इस अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि व्यावहारिक तौर पर मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से मजबूत करना संपूर्ण समाज का सामूहिक कार्य है समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराधों की घटनाएं हाल में विश्व के ज्यादातर हिस्सों में सामने आई हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें लोगों को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या समाज समान अधिकार के धरातल पर खरा उतरता है प्रदेश में भी इस अवसर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला सत्र न्यायालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें न्यायाधीशों ने मानवाधिकार पर अपने विचार प्रकट किये सतना निवाड़ी छतरपुर डिंडौरी गुना नीमच भिंड मुरैना सिवनी खंडवा धार जबलपुर कटनी आगरमालवा और सीहोर सहित विभिन्न जिलों में इस अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये एकलव्य खेल भोपाल में खेली जा रही एकलव्य राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीमों ने शानदार खेलों का प्रदर्शन करते हुए कई खेलों में विजयी आगाज किया है प्रदेश के खिलाड़ियों ने हैंडवॉल फ्टबॉल और कबड्डी के मुकाबलों में जीत दर्ज की जबकि वॉलीवॉल में बालक बालिकाओं के दोनों वर्गो में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके अलावा बैडमिंटन में मध्यप्रदेश ने एकल मुकाबलों में विजय हासिल की अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सही समय का आकलन किए जाने के बाद नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा गृहमंत्री ने कहा कि नेताओं को हिरासत में रखे जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है

गृहमंत्री ने कहा कि घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और आवश्यक सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी गई हैं